संक्रमित लोगों में से चौरासी प्रतिशत से अधिक लोग स्वस्थ हुए

राज्य के सोलह जिलों में चौरासी लाख लोग बाढ़ की चपेट में राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में दो वाम दलों का प्रवेश

राज्य में कोविड उन्नीस संक्रमित लोगों की संख्या लगभग एक लाख सताईस हजार हो गयी है विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के दो हजार एक सौ तिरसठ नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों का कुल आंकड़ा एक लाख छब्बीस हजार नौ सौ नब्बे हो गया है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक तीन सौ उनतालीस मामले पटना जिले में मिले हैं वहीं पूर्वी चंपारण में एक सौ बत्तीस मुजफ्फरपुर में एक सौ चौबीस और अररिया में एक सौ सत्रह नये मामलों की प्रष्टि हुई है सारण और मध्रबनी में संतानवे संतानवे पूर्णिया में तिरानवे बेगूसराय में छिहत्तर भागलपुर में तिहत्तर गया में अड़सठ और कटिहार में बासठ पॉजिटिव मामले सामने आये हैं अन्य जिलों से भी संक्रमण के नये मामले सामने आये हैं विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौरासी दशमलव शून्य सात प्रतिशत हो गयी है महामारी से अब तक राज्य में छह सौ तिरपन लोगों की मृत्यु हुई है अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के उपाध्यक्ष अमरनाथ कुमार उर्फ रंजीत राय की कोविड उन्नीस महामारी से मृत्यु हो गयी है वे बेगूसराय जिले के रूपसबाज डाकघर के पोस्टमास्टर थे राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नया आदेश जारी किया है जिन सार्वजनिक वाहनों और दुकानों में मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है उन्हें बंद या जब्त करने का निर्देश दिया गया है गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि सभी जिला प्रशासन को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के प्रयोग के लिए पूर्व में निर्गत आदेश का कड़ाई से पालन करवाने को कहा गया है साथ ही प्रशासन और पुलिस को सप्ताह में कम से कम दो दिन मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक जांच अभियान चलाने के भी निर्देश दिये गये हैं गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा है कि इस वर्ष का पितृपक्ष मेला कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश पर स्थगित कर दिया गया है जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिये गया नहीं आने का अनुरोध किया है उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी इधर देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है स्वस्थ होने की दर छिहत्तर दशमलव तीन शून्य हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले पच्चीस दिनों में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर नये मिले मामलों का शत प्रतिशत है मंत्रालय ने बताया है कि कुल संक्रमित लोगों में मात्र शून्य दशमलव दो नौ प्रतिशत मरीज वेंटिलेंटर पर हैं और सिर्फ दो प्रतिशत लोग आईसीयू में हैं वहीं मृत्यु दर भी घटकर एक दशमलव आठ चार प्रतिशत हो गयी है गंगा नदी में उफान से प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गम्भीर हो गयी है सोलह जिले की चौरासी लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है मुंगेर भागलपुर खगड़िया और बेगूसराय जिले के तटवर्ती क्षेत्रों के साथ साथ दियारा क्षेत्र बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुये हैं कटिहार जिले में गंगा महानंदा और बरंडी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से दस प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के सेमापुर इलाके में गंगा और कारीकोसी नदी का पानी फैल गया है इसके अलावा मोहना चांदपुर पंचायत के कुंडी गांव में साढ़े तीन सौ से अधिक घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वहीं मनिहारी प्रखंड के निचले इलाकों में सैंकड़ों एकड़ में लगी फसल क्षतिग्रस्त हो गयी है अमदाबाद प्रखंड में बबलाबन्ना गांव में ढाई सौ से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है इधर गोपालगंज सारण और मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है दरभंगा जिले में बाढ़ का पानी कम होने से लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़े पैमाने पर जिले में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं

एनडीआरएफ की टीम खोजबीन अभियान में लगी हुई है गंगा नदी का जलस्तर बक्सर और पटना में तेजी से बढ़ रहा है वहीं मुंगेर और भागलपुर जिले में यह स्थिर बना हुआ है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना के गांधी घाट में नदी का जलस्तर लाल निशान से दस सेंटीमीटर ऊपर चला गया है वहीं दीघा घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है सोन और पुनपुन नदी का जलस्तर विभिन्न घाटों पर स्थिर बना हुआ है राज्य की अधिकांश प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी देखी जा रही है और कई स्थानों पर यह स्थिर बना हुआ है गंडक बूढ़ी गंडक बागमती और घाघरा नदी के जलस्तर में कमी देखी जा रही है कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया जिले के बलतारा में और महानंदा नदी का जलस्तर कटिहार जिले के झावा में तेजी से बढ़ रहा है मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले चौबीस घंटों के दौरान हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है

वहीं पटना जिले के विक्रम में भारी वर्षा रिकार्ड की गयी है यहां सौ मिलीमीटर बारिश हुई है इसके अलावा लखीसराय नालंदा और जमुई में पचास से सत्तर मिलीमीटर बारिश हुई है राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में दोनों प्रमुख वाम दल सीपीआई और सीपीएम भी शामिल हो गये हैं दोनों दलों के नेताओं ने आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की जिसके बाद गठबंधन के विस्तार को सहमति दी गयी सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने बताया कि सीटों के बंटवारे के मुद्दे को बातचीत के आधार पर अंतिम रूप दिया जायेगा गौरतलब है कि महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के अलावा दो अन्य दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी भी शामिल हैं पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था प्रदेश में विधानसभा चूनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गयी हैं महागठबंधन में सीट बंटवारे के फार्मूले को लेकर रस्साकसी तेज हो गयी है रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में सीटों के बटंवारे का फार्मूला तय करने में हो रही देर पर नाराजगी जतायी है पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर फैसला नहीं होने से कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं में उलझन की स्थिति है उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा देरी से होने पर गठबंधन को नुकसान होगा इसलिए सभी दलों को मिलकर जल्द इस पर फैसला लेना होगा श्री कुशवाहा ने यह भी कहा कि इसके लिए गठबंधन के अन्य दलों को भी तत्परता दिखानी चाहिए वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद का कांग्रेस पार्टी से निलंबन समाप्त हो गया है पार्टी के महासचिव मोतीलाल वोरा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है गौरतलब है कि पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर वे महागठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ मधुबनी सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में खड़े हुए थे इसके चलते उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था इधर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा चूनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये जागरूकता अभियान तेज हो गया है विभिन्न जिलों में मतदाता जागरूकता रथ घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं वहीं विभिन्न जिलों में चूनाव कर्मियों और सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण चल रहा है मुख्य रूप से कोविड महामारी के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन और प्रवासी कामगारों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है संयुक्त इंजीनियंरिंग भर्ती परीक्षा जेईई मेन्स और चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट यूजी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सिंतबर में आयोजित की जाएंगी जेईई मेन्स की प्रवेश परीक्षा एक से छह सितंबर तक और नीट यूजी परीक्षा तेरह सितंबर को आयोजित होंगी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन्स और नीट यूजी के लिए परीक्षा केन्द्रों की संख्या में वृद्धि कर दी है एजेंसी ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश भर में परीक्षा केन्द्रों की संख्या जेइई मेन्स के लिए पांच सौ सत्तर से बढ़ाकर छह सौ साठ और नीट यूजी के लिये केन्द्रों की संख्या दो हजार पांच सौ छियालीस से बढ़ाकर तीन हजार आठ सौ तैंतालीस कर दी गयी है इस साल करीब साढ़े आठ लाख परीक्षार्थियों ने जेईई मेन्स के लिए और लगभग सोलह लाख ने नीट यूजी के लिए पंजीयन कराया है एहतियाती उपाय के तौर पर नीट यूजी परीक्षा में एक कक्ष में प्रतिभागियों की संख्या चौबीस से घटाकर बारह कर दी गयी है शिक्षामंत्री ने रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा प्राथमिकता है

पहली उसकी सुरक्षा उसके बाद उसकी शिक्षा और सुप्रीप कोर्ट का भी हमको सम्मान करना है और उन अभिभावकों को जो अभिभावक लगातार हम पर दबाव बनाए हुए हैं

सीआरपीएफ के शहीद जवान खूर्शीद खान के नाम पर रोहतास जिले के विक्रमगंज में उत्क्रमित मध्य विद्यालय का नामकरण किया गया है राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है यह विद्यालय शहीद जवान के पैतुक गांव घूसिया कलां में स्थित है केन्द्र सरकार ने पूरे देश में राजमार्गों के टोल प्लाजा पर किसी भी छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वैध फास्टैग वाले वाहनों को चौबीस घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने पर छूट और अन्य रियायतें देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम दो हजार आठ में संशोधन किया है मंत्रालय ने बताया कि इस संशोधन के बाद छूट स्वतः मिलेगी और चौबीस घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने वाले वाहनों के लिये पूर्व जानकारी देना जरूरी नहीं होगा राज्य में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालन विभाग की ओर से घर घर जाकर पशुओं के कान में टैंगिंग की जा रही है ईयर टैंगिंग का मकसद पशुओं के लिये विशेष पहचान का प्रमाण पत्र तैयार करना है पशुपालकों को अब इसी के आधार पर टीकाकरण पश् चिकित्सा मुआवजा तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी कंपनी के कर्मी से पिछले दिनों लगभग साढ़े आठ लाख रूपये लूट के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर लूटी गयी राशि में से पांच लाख रूपये बरामद कर लिया गया है थानाध्यक्ष सुजय विद्यार्थी ने बताया कि पांच अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड के प्रमुख पद के लिये सुनीता देवी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुई हैं यह पद पिछले छह मास से रिक्त था

संक्रमित लोगों में से चौरासी प्रतिशत से अधिक लोग स्वस्थ हुए

राज्य के सोलह जिलों में चौरासी लाख लोग बाढ़ की चपेट में राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में दो वाम दलों का प्रवेश